हजारीबाग के बड़कागांव चुरचू एवं विष्णुगढ़ प्रखंड की सोहराय और कोहबर कला को मिलेगा जीआई टैग कलाकारों को मिलेगा आर्थिक लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देष को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है देष की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उन्होंने उद्योग जगत का आहवान किया है वे आज भारतीय उद्योग परिसंघ सी आई आई के एक सौ पचीस साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देष की अर्थव्यव्स्था को गति देने के लिए लक्ष्य को तय करना होगा उन्होंने निजी क्षेत्र के उद्योग और व्यवसाय को देष के विकास का वाहक बताया उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और कोरोना महामारी से निपटना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनसे भविष्य में देश को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि देष दोबारा अपनी विकास की क्षमता को हासिल करेगा उन्होंने देष के विकास में सहभागी बनने के लिए आगे आने को कहा इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में किये गये प्रयासों की भी चर्चा की

इसके लिए सरकार ने कई उपायों की घोषणा की है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत एक लाख एक हजार पांच सौ करोड़ रूपये का पैकेज आबंटित किया गया है योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर दैनिक वेतन एक सौ बयासी रूपये से बढ़ाकर दो सौ दो रूपये कर दिया गया है झारखंड में कोरोना संकमण के कुल मामले छह सौ पचहत्तर हो गये हैं कल कोरोना संकमण के चालीस मामले सामने आये जमषेदपुर में दस हजारीबाग से तीन रांची सिमडेगा लोहरदगा और गढ़वा से दो दो कोडरमा में चार और गुमला में एक मरीज पॉजिटिव निकले सभी संकमित बाहर से आये हुए थे और इन्हें विभिन्न जगहों से लौटने के बाद संस्थागत क्वारेंटीन में रखा गया था इधर देषभर में कुल संकमण के मामले एक लाख संतानबे हजार सात सौ सात हो गये हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान चार हजार आठ सौ पैंतीस रोगी ठीक हुए अब तक लगभग बानबे हजार मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इस समय देश में तिरानबे हजार तीन सौ बाइस रोगियों का इलाज चल रहा है धनबाद में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं पिछले तीन दिन में ही चौवालिस पॉजिटिव मामले सामने आए हैं जिले में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर इकसठ हो गई है अबतक दस मरीज ठीक भी हो चुके हैं जबकि उनचास मरीजों का इलाज जारी है जिले के उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि बाघमारा का संक्रमित मरीज सूरत से आया था वहीं झरिया का मरीज मुंबई एवं ट्ंडी का मरीज जयपुर से लौटा था उधर सदर अस्पताल में पिछले दिनों संक्रमित मिले लैब टेक्नीशियन के परिजनों की रिपोर्ट निगेटिव आई है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने सेंट्रल अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहे है राज्यभर में हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर काफी बेहतर है संक्रमित मरीजों में से करीब प्रतिषत मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं जबकि संक्रमण से होने वाले मौत की दर शून्य है हजारीबाग जिला में संक्रमितों की संख्या इकहत्तर है और अब तक इकतालीस मरीज ठीक हो चुके हैं सिविल सर्जन डॉ संजय जायसवाल ने बताया कि चिकित्सकों की मेहनत मरीजों का अच्छा रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं हजारीबाग का बेहतर वातावरण मरीजों के ठीक होने की दर को बढ़ा रहा है

वहीं देश में यह दर निरंतर बढ़ रहा है और अब यह अड़तालीस दशमलव एक नौ प्रतिशत हो गई है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

इससे इस कला की अपनी पहचान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गई है कला विशेषज्ञ जस्टिन इमाम के अनुसार करीब एक साल की मेहनत ने इस कला को इस मुकाम तक पहुंचाया है उन्होंने सोहराय व कोहबर कला को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में तत्कालीन उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के प्रयासों की तारीफ की उन्होंने बताया कि दिल्ली के द्वारका में इस कला की प्रदर्शनी लगाई गई जिससे यह राह आसान हुई सोहराय कला महिला सहयोग समिति की अध्यक्ष अलका इमाम बताती हैं जीआई टैग मिलने से इस कला की अपनी पहचान हो गई है आने वाले समय में सरकार के प्रयासों से इसके कलाकारों को आर्थिक लाभ मिल सकेगा इस कला का संरक्षण भी हो सकेगा वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में हजारीबाग रेलवे स्टेशन को सोहराय व कोहबर से सजाए जाने की प्रशंसा कर देश स्तर पर इसे पहचान देने का काम किया है पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित कराईकेला थाना क्षेत्र के रेंगराकोचा जंगल के जोनुवा गांव में रविवार को पुलिस और भाकपा माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में शामिल एक नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इस घटना में एक सिपाही और एक एसपीओ शहीद हो गए थे इस संबंध में इकतीस मई को कराईकेला थाने में भाकपा माओवादी संगठन के उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाथा ने बताया कि बागुन बानरा उर्फ दिलीप बानरा नाम के नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पश्चिमी सिंहभूम जिले के प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के प्रयास में जिला प्रशासन जुटा हुआ है संपूर्ण तालाबंदी के दौरान जिले में अठारह हजार से भी ज्यादा श्रमिकों को वापस लाया जा चुका है

जिला पुलिस द्वारा अब तक कुल सत्तर हजार से भी अधिक व्यक्तियों को भोजन करवाया गया है विगत अठाइस मार्च से आरंभ ये सभी सामुदायिक किचन जिले की सीमाओं से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राज मार्ग और राज्य उच्च पथों पर चलाये जा रहे हैं जिससे पैदल यात्रा कर रहे लोगों को भी आसानी से भोजन उपलब्ध हो पा रहा है पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाथा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है जमषेदपुर में कोरोना महामारी को देखेते हुए मुस्लिम समाज ने निकाह के दौरान दस से अधिक लोगों के नहीं जुटने का निर्णय लिया है

सरिया थाना के चन्द्रमारणी गांव के किसान संजय क्शवाहा ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलायी जा रही योजनाओं का लाभ लिया और रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद से खेती की किसान का कहना है कि जैविक खेती के कारण उनके उत्पाद महँगे दाम पर बिकते हैं जिससे उन्हें फायदा हो रहा है वहीं गाँव के एक अन्य किसान नीलकंठ प्रसाद वर्मा सरकारी मदद पाकर प्रसन्न हैं उन्होंने बताया कि रासायनिक खाद के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही थीं जबकि उन्नत बीज और जैविक खाद से उत्पादन बढ़ा है नीलकंठ कहते है कि उन्हें सब्जी बेचने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है खेत से ही एक एक दिन छोड़कर सौ किलोग्राम भिंडी बेचते हैं किसान महादेव प्रसाद वर्मा भी कहते हैं कि वह खेती टपक विधि से कर रहे हैं जैविक खेती से उनकी आमदनी बढ़ी है

उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों का कार्यालय खुलने से शिक्षकशिक्षकेत्तर कर्मचारी अपने गैर शैक्षणिक दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे